लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का समय कल शाम समाप्त हो गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले पांच वर्षो में लोगों के लिए अनेक बड़े फैसले किए हैं और देश के साथ चौकीदार की तरह डटी रही है उन्होंने लोगों से पूछा कि वे चौकीदार का समर्थन करेंगे या उन नेताओं के साथ जाएंगे जो अपने लिए काम करते हैं तेलंगाना में नागर कुरनूल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में उन्होंने लोगों से कहा कि वे भारत के भावी विकास के पक्ष में मतदान करें इससे पहले श्री मोदी ने ओडिसा में चुनावी सभा में पांच सूत्री विकास का उल्लेख किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि श्री मोदी अमीरों को संरक्षण देते हैं जबकि कांग्रेस पार्टी गरीबों कमजोर वर्गो और किसानों के साथ है हरियाणा के यमुना नगर में एक जनसभा में श्री गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा के विपरीत कांग्रेस अपने वादे पूरा करती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल घोषणा पत्र जारी कर दिया नई दिल्ली में पार्टी सचिव डी राजा ने कहा कि पार्टी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करेगी सभी फसलों की लागत का डेढ़ गुना सांविधिक फसल मूल्य दिया जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाए केन्द्र और राज्य स्तर पर फिर लागू की जाएगी बेरोजगार युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत बेरोजगारी भत्ता और सभी क्षेत्रों में खाली पदों की भर्ती की जॉएगी निर्वाचन आयोग और रेलवे लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लम्बी दूरी की रेलगाडियों का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं ये गाडियां हैं केरल एक्सप्रेस हिमसागर एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस इन गाडियों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नम्बर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया जाएगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान और पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमा के दोनों तरफ के निकटवर्ती जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान सीमा पर कड़ी चौकसी का निर्णय लिया गया पंजाब के समीपवर्ती मुक्तसर जिले के मलोट शहर में हुई इस बैठक में श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलक्टर अशोक असीजा सहित कई अधिकारी शामिल हुए बैठक के बाद श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने कहा कि छह मई को मतदान के दिन पंजाब पुलिस अंतर्राज्यीय सीमा पर पूरी चौकसी रखेगी

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में मुक्तसर फाजिल्का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के प्रशासनिक पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हुए बैठक का उद्देश्य बेहतर तालमेल के साथ चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों से सावधानीपूर्वक निपटना रहा अलवर जिले में उड़न दस्ता दल ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कल बानसूर अलवर सड़क मार्ग पर दो वाहनों की जांच के दौरान करीब पांच लाख रूपये की राशि जब्त की

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल जयपुर में केंद्रीय मूल्यांकन दल टीबी के साथ आयोजित वार्ता में यह विश्वास दिलाया टीबी प्रोग्राम के मुल्यांकन के लिये केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली द्वारा गठित आंतरिक मूल्यांकन दल ने राज्य के दो जिलों अजमेर और हनुमानगढ़ में रोगियों से मुलाकात की और कार्यकम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा कर अर्तिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह और विशिष्ट शासन सचिव तथा मिशन निदेशक एनएचएम डॉ समित शर्मा को जिला और राज्य की मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी दल ने कार्यक्रम के लिये आवश्यक सुधारात्मक गतिविधियों से अवगत करवाया जम्मू कश्मीर के उड़ी में शहीद हुए राजसमंद जिले के शेखावास गांव के जाबाज परवेज काठात का आज उनके पैतुक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा उनका पार्थिव शरीर कल रात ब्यावर पहुंचा राज्य में आयकर विभाग के सभी कार्यालय आज और कल भी खुले रहेंगे

आदेश के अनुसार दोनों दिन राज्य के सभी आयकर सेवा केन्द्र भी खुले रहेंगे राजस्थान दिवस पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिल रहे है राजधानी जयपुर में आज लोककलाकारों द्वारा लोकसंगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी जायेगी शाम को जयपुर के सैन्ट्रल पार्क में पंडित हरिप्रसाद चोरसिया का बांसूरी वादन होगा राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए श्रभकामनाएं दी है श्री सिंह ने कहा कि राजस्थान देश का अद्भुत राज्य है यहां के लोगो ने भारतीय संस्कृति को संजो रखा है पूरे प्रदेश में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया र्स होगा

इस बार भारत ने लीग मैचों में दक्षिण कोरिया के अलावा अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराया है दक्षिण कोरिया और भारत एक एक गोल से बराबर रहे थे आज फाइनल में फिर इन्हीं के बीच हो रही टक्कर के कारण यह मुकाबला अत्यंत रोचक होगा आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हरा दिया

झुंझन् में आयोजित इस प्रतियोगिता में हरियाणा तीन स्वर्ण और दो कांस्य जीतकर दूसरे स्थान पर रहा इसी तरह झारखंड ने दो स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया भारतीय पैरा ताइक्वांडो संघ के महासचिव सुखदेव राज और पैरा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी केरल के किशोर और राजस्थान पैरा एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष योगी और हरचंद महला ने पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार वितरित किये पीवी सिंधू किदाम्बी श्रीकांत और पी कश्यप इंडिया ओपन बैडमिंटन दूर्नामेंट के एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं कल दिल्ली में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पीवी सिंधू ने डेनमार्क की मिया ब्लिकफेल्ट को मात दी